प्रदेश की अन्य नदियां भी उफान पर

वशिष्ठ नारायण सिंह ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिये भरा नामांकन

प्रदेश के विभिन्न भागों के साथ ही नेपाल के जलग्रहण क्षेत्रों में हो रही वर्षा से प्रदेश की अधिकतर नदियां उफान पर हैं गंगा नदी के जलस्तर में वृद्धि के कारण बक्सर पटना खगड़िया और मुंगेर जिले में कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है केन्द्रीय जल आयोग के अनुसार गंगा नदी बक्सर पटना के दीघा घाट गांधी घाट हाथीदह और भागलपुर के कहलगांव में खतरे के निशान को पार कर गयी है भोजप्र में कई निचले इलाकों में सोन नदी का पानी फैल गया है सोन नदी पटना के मनेर में खतरे के निशान से लगभग एक मीटर ऊपर बह रही है गंडक नदी का जलस्तर गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से आधा मीटर ऊपर दर्ज किया गया बूढ़ी गंडक खगड़िया में जबकि बागमती नदी सीतामढ़ी के ढेंग ब्रिज सीतामढ़ी के रून्नीसैदपुर और मुजफ्फरपुर के बेनीबाद में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है इधर कमला बलान नदी मध्रबनी के जयनगर और झंझारपुर में खतरे के निशान को पार कर गयी है कोसी नदी सुपौल के बसुआ खगड़िया के बलतारा और कटिहार के कुरसेला में खतरे के निशान के ऊपर बह रही है नदियों के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए प्रशासन अलर्ट है और निचले इलाके से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है मूख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा और अन्य नदियों के बढ़ते जलस्तर से प्रभावित क्षेत्रों का आज सर्वेक्षण किया श्री क्मार सड़क मार्ग से पटना के दीघा घाट पहुंचे इसके बाद वैशाली के सोनपुर इलाके में दियारा क्षेत्रों में भी बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया मूख्यमंत्री ने गंगा के बढ़ते जलस्तर और इसके कारण निचले इलाकों में बढ़ रही परेशानी के मद्देनजर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये उन्होंने कहा कि हालात पर राज्य सरकार की पैनी नजर है और प्रभावित लोगों तक तुरंत सहायता पहुंचाने के लिये विभिन्न विभागों के अधिकारियों को तत्परता से कार्य करने के निर्देश दिये गये हैं मुख्यमंत्री ने कहा कि आपदा विभाग और संबंधित जिला प्रशासन को अलर्ट पर रखा गया है श्री कुमार कल बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण कर स्थिति का जायजा लेंगे राजधानी पटना समेत प्रदेश के अधिकांश इलाकों में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण आकाश में बादल छाये हुए हैं कुछ स्थानों पर मध्यम से भारी वर्षा दर्ज की गयी है मौसम विभाग के अन्सार पिछले चौबीस घंटों में सबसे अधिक चौदह सेंटीमीटर वर्षा भभुआ में दर्ज की गयी वहीं सुरसंड बसुआ वाल्मीकीनगर सोनवर्षा वीरपुर मोहनियां और ढेंग ब्रिज में दो से चार सेंटीमीटर तक बारिश रिकार्ड की गयी विभाग ने मौसम पूर्वानुमान में कहा है कि पटना गया भागलपुर पूर्णियां समेत राज्य के अधिकतर क्षेत्रों में अगले चौबीस घंटों के दौरान गरज के साथ हल्की से मध्यम वर्षा की संभावना है कुछ स्थानों पर वजपात की भी आशंका जतायी गयी है नीति आयोग के उपाध्यक्ष और राष्ट्रीय पोषण मिशन के अध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा है कि मौजूदा पोषण माह के दौरान सरकार देश के उन ढाई सौ जिलों पर अधिक ध्यान दे रही है जहां क्पोषण की समस्या राष्ट्रीय औसत से अधिक है कुपोषण की चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित करने के लिये देश में सितम्बर महीने को राष्ट्रीय पोषण माह के रूप में मनाया जा रहा है आकाशवाणी समाचार के साथ विशेष भेंटवार्ता में डॉक्टर कुमार ने कहा कि सरकार का प्रयास इन जिलों में कुपोषण की स्थिति में सुधार करना है

इन्हीं जिलों में हम सफलता प्राप्त कर लेंगे तो हमारे राष्ट्र का स्तर भी बेहतर हो जायेगा इसी तरह से हम अपनी महिलाओं के लिए भी भरसक कोशिश करनी है कि कैसे उनका एनिमिया दूर हो क्योंकि एक कमजोर और एनिमिक मां एक कुपोषित और स्टंटेड और अंडरवेट बच्चे को जन्म देती है राज्यपाल फागू चौहान ने कहा है कि कमजोर और वंचित वर्ग की महिलाओं तथा नवजात शिशुओं के पोषण पर विशेष ध्यान दिया जाना जरूरी है श्री चौहान ने राज्य में चल रहे पोषण माह के अंतर्गत पटना से अन्नप्राशन समारोह का उद्घाटन किया श्री चौहान ने लोगों के बीच कुपोषण के खतरे को बताते हुए समुचित जानकारी देने के लिये विशेष जन जागरूकता अभियान चलाने पर जोर दिया वशिष्ठ नारायण सिंह का फिर से जनता दल यूनाईटेड का प्रदेश अध्यक्ष चूना जाना तय है इस पद के लिये नामांकन के अंतिम दिन आज श्री सिंह के अलावा किसी ने भी पर्चा नहीं दाखिल किया स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडेय ने कहा है कि दुर्घटना के कारण होने वाली मृत्यु पर काबू पाने के लिये केन्द्र सरकार के सहयोग से प्रदेश के नौ जिलों में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किये जायेंगे उन्होंने कहा कि इससे समय रहते घायलों को इलाज की सुविधा उपलब्ध कराकर उनकी जान बचायी जा सकेगी श्री पांडेय पटना में आयोजित एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे उन्होंने बताया कि राजधानी पटना के जयप्रकाश नारायण अस्पताल में जल्द ही ट्रॉमा सेंटर काम करने लगेगा स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि बाईस जिला सदर अस्पतालों में सीटी स्कैन की सुविधा जल्द ही उपलब्ध करा दी जायेगी सातवें बिहार राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष नवीन कुमार ने कहा है कि नगर निकायों को अपने राजस्व में वृद्धि के लिये ठोस और कठोर उपाय करने होंगे दरभंगा समाहरणालय के अंबेदकर सभाकक्ष में आयोजित बैठक को संबोधित करते हुए श्री कुमार ने कहा कि नगर निकायों की आय बढ़ने से नगर में विकास कार्य तेजी से हो सकते हैं उन्होंने कहा कि नगर निकायों को कर प्रणाली को अपडेट करने के साथ ही नागरिक सुविधाओं को भी विकसित करने के उपाय ढूंढना होगा समस्तीपुर सुधा डेयरी के प्रबंध निदेशक डीके श्रीवास्तव इंडियन डेयरी एसोसिएशन के पूर्वी क्षेत्र के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष चुने गये हैं इस वर्ष सम्पन्न संघ के दस पदों में से नौ पर बिहार के लोग चुने गये हैं गौरतलब है कि देश को दुग्ध उत्पादन के क्षेत्र में विश्व स्तर पर अग्रणी बनाने और पशुपालकों के आर्थिक विकास में ये संस्था अहम भूमिका निभा रही है सामाजिक कार्यकर्ता और किसान शैलेन्द्र कुमार मिश्र को भारतीय खाद्य निगम एफसीआई बिहार की परामर्शदात्री समिति का सदस्य पुनः मनोनीत किया गया है श्री मिश्र पूर्वी चंपारण जिले के गोविंदगंज क्षेत्र के निवासी हैं मुजफ्फरपुर के सकरा थाना क्षेत्र में उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रक शराब के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है वहीं सारण जिले के सोनपुर थाना क्षेत्र के सबलपुर हस्ती टोला से पुलिस ने पांच सौ साठ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है इधर गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र के बलथरी चेकपोस्ट पर वाहन जांच के दौरान पुलिस ने चार सौ कार्टन विदेशी शराब के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर इलाके में पुलिस ने छापेमारी कर कुख्यात अपराधी नीतीश और कुंदन को गिरफ्तार कर लिया अपराधियों के पास से तीन पिस्तौल और कुछ कारतूस बरामद किया गया है पटना के कारगिल चौक पर माकपा कार्यकर्ताओं ने राज्य में गिरती शिक्षा और स्वास्थ्य को लेकर विरोध प्रदर्शन किया वहीं एक्जीबिशन रोड में ठेला चालकों ने दिन के समय ठेले के लिये नो एंट्री व्यवस्था लागू करने के विरोध में उग्र प्रदर्शन किया कटिहार जिले में मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मोंगरा फाटक के पास पुलिस की मुस्तैदी से तीन लाख रूपये लूटकर भाग रहे एक अपराधी को गिरफ्तार कर लिया गया पटना सिटी के मालसलामी थाना क्षेत्र अंतर्गत कटरा बाजार में पुलिस ने एक ऑटो से भारी मात्रा में गांजा के साथ तीन तस्करों को गिरफ्तार किया है बेगूसराय जिले के नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत सर्वोदय नगर से पुलिस ने तीन अपराधियों ने गिरफ्तार किया है मुंगेर प्रक्षेत्र के डीआईजी मनु महाराज के नेतृत्व में प्रुलिस ने लखीसराय जिले के चानन थाना क्षेत्र अंतर्गत कछुआ जंगल में नक्सलियों के साथ साठगांठ कर संचालित दर्जनों शराब भट्टियों को ध्वस्त कर दिया

प्रदेश की अन्य नदियाँ भी उफान पर

वशिष्ठ नारायण सिंह ने जदयू प्रदेश अध्यक्ष पद के लिये भरा नामांकन